इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों साठ वर्ष की उम्र के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी इस योजना से दस करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे देश भर में इस योजना की श्भारंभ अवसर का सीधा प्रसारण किया गया बड़ी संख्या में कामगारों ने इस प्रसारण के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण को सुना और योजना की जानकारी हासिल की मध्यप्रदेश में भी कल से यह पेंशन योजना शुरू हो गई है भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद आलोक संजर और विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद थीं मोदी धार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई कार्रवाई में मरने वालों के बारे में सवाल किए जाने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की है कल मध्यप्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश से प्रेम करने वाले एकजुट हो रहे हैं जबकि उन्हें नापसंद करने वाले लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और हमारे वीर जवानों की बहादुरी पर संदेह जता रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश जब आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है तब वे देश को गुमराह और लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित समर्थन की भी निन्दा की उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पहले कृछ नहीं करने वाली कांग्रेस से अब इस बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पांच लाख लोगों को मुफ्त ईलाज की सुविधा मिली है उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना से सभी गरीबों को रसोई गैस का लाभ मिला है प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से भी बातचीत की

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह पुरस्कार देंगे इंदौर को तीसरी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिलने की संभावना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेंगे पुरस्कार समारोह में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह और संबंधित चयनित शहर के नगरीय निकाय के जन प्रतिनिधि शामिल होंगे मॉडल स्कूल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित करने के लिये जिला और विकासखंड स्तर पर मॉडल स्कूल संचालित किये जा रहे हैं

यह राषि जय किसान समृद्वि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन राशि अठारह सौ चालीस रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगी श्री नाथ ने कहा कि किसान सोसायटी मंडी के अलावा कहीं भी अपनी फसल बेंचे उन्हें प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा सोयाबीन की भावांतर राशि का भुगतान भी प्रदेश सरकार करेगी

मंत्रिपरिषद निर्णय मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल रात हुई मंत्रि परिषद की बैठक में कई निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई हैं

तेंद्रपत्ता मजदूरी एवं बोनस का नगद भुगतान भी किया जायेगा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की निरंतरता चयनित सफल निविदाकारों के माध्यम से ही निरंतर रखी जाएगी

नियुक्ति निर्देश आयुक्त लोक शिक्षण ने प्रदेश के संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षाधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किये हैं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग में व्यायाम शिक्षक गायन वादन और उद्योग शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में यह निर्देश जारी किये गए हैं नई प्रक्रिया के तहत अध्यापक व्यायाम शिक्षक को खेलकृद शिक्षक श्रेणी ब अध्यापक गायन वादन को शिक्षक श्रेणी ब और अध्यापक उद्योग को माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये कहा गया है

कार्यशाला मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल प्रशासन अकादमी में जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक में कहा कि सरकार मंत्रालय से नहीं पंचायतों से चलती है पंचायत व्यवस्था योजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ध्री है अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन भी अच्छा होना चाहिये अन्यथा वे सफल नहीं होगी श्री नाथ ने कहा कि योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा की जायेगी मुख्यमंत्री ने जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि वे वर्तमान समय के संदर्भ में योजनाओं के क्रियान्वयन के तौर तरीकों की समीक्षा कर अपने सुझाव दें एक अन्य कार्यक्रम में जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पंचायत सचिव संगठन के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए श्री नाथ ने कहा कि पंचायत सचिवों की मृत्यू के बाद उन्हें दी जाने वाली अनुग्रह राशि उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर वेतन से नहीं काटा जायेगा

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के साथ वहां का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से घर घर में बिजली जा रही है गांव में खुषी का माहौल है